महिला दिवस पर प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाओं को कोविड से बचाव के टीके दिये जाने का लक्ष्य

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

विश्व में लैंगिक समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्वः कोविड उन्नीस विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति

श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि हमारे देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान गढ़ रही हैं उन्होंने लोगों से लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति बरते जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में शुभकामनाएं देते हुये कहा है कि महिलाओं ने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है राज्यपाल फागू चौहान ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देश की महिलाओं को बधाई और श्भकामनायें दी है श्री कुमार ने कहा कि महिलायें समाज का अभिन्न हिस्सा हैं वे अपनी प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग ने इस अवसर पर ब्रज़ुर्ग महिलाओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र की रोगग्रस्त महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए विशेष अभियान की शुरूआत की है आज के दिन एक लाख आठ हजार सात सौ तीन महिलाओं को कोविड से बचाव के लिए टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि आज टीकाकरण के लिए हर केन्द्र पर चार चार अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गयी है हरेक टीम में पांच सदस्य हैं इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण केन्द्रों को इस अवसर पर आकर्षक ढंग से सजाया गया है

दानापुर रेल मंडल के वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि सभी प्रमुख विभागों में फ्रंटलाईन स्टाफ महिला रेल कर्मी होंगी उन्होंने बताया कि पटना जंक्शन से बक्सर तक एक ट्रेन का परिचालन भी महिलाकर्मियों के जिम्मे होगा श्री सिंह ने बताया कि दानापुर रेल मंडल की दस महिलाकर्मियों को महिला नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जायेगा प्रदेश के सभी कारागारों में आज से महिला बंदियों के लिए अलग से पुस्तकालय की व्यवस्था शुरू हो रही है कारा और सुधार सेवाओं के आईजी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि राज्य में अभी चौवन जेल ऐसे हैं जहां महिला कैदियों को रखा जा रहा है उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुविधा को देखते हुये नई व्यवस्था की गयी है बिहार सरकार के सभी कर्मी और राजकीय लोक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मियों और श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के दायरे में लाया जायेगा भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के आग्रह पर सरकार ने यह फैसला किया है इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को निर्देश जारी किये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी सेवकों और श्रमिकों के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाओं को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी है बीमारियों से सुरक्षा के लिए आरोग्य संजीवनी और जीवन बीमा के लिए सरल बीमा योजना को लागू किया जायेगा हालांकि किसी कर्मचारी अथवा श्रमिकों के लिए योजना का लाभ लेना बाध्यकारी नहीं किया गया है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख साठ हजार आठ सौ निन्यानवे लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है वर्तमान में केवल तीन सौ बारह मरीजों का इलाज चल रहा है इधर राज्य में अब तक आठ लाख सैंतीस हजार छह सौ बयासी लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं सहरसा से झंझारपुर होकर दरभंगा तक के लिए ट्रेनों का परिचालन अप्रैल महीने से शुरू होगा समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने सहरसा में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस रेलखंड पर ट्रेन शुरू हो जाने से सहरसा से दरभंगा तक का सफर अधिकतम तीन घंटे में पूरा हो जायेगा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीवान सारण और गोपालगंज तथा उत्तर पूर्वी जिलों सुपौल सहरसा किशनगंज मधेपुरा और पूर्णियां में धूलभरी आंधी चलने और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इस दौरान कहीं कहीं बारिश और वज्रपात की भी आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि हवा के रूख में बदलाव होने से आंधी चलने की आशंका है

पटना में पार्टी की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन श्री यादव ने कहा कि पार्टी समान विचारधारा वाले प्रत्याशियों को अपना समर्थन देगी इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते हैं इसके बावजूद चुनाव में पार्टी अपने कैडर से जिला परिषद सदस्यों के लिए उम्मीदवार तय करेगी उन्होंने कहा कि जिला परिषद का उम्मीदवार कौन होगा इसका चयन पार्टी की जिला इकाई करेगी तीन लोगों के नाम चयनित कर प्रदेश कार्यालय भेजे जायेंगे जहां सर्वसम्मति से एक पार्टी कार्यकर्ता के नाम पर मुहर लगेगी जदयू के विधान सभा प्रभारियों के प्रशिक्षण का दो दिवसीय कार्यक्रम पटना में सम्पन्न हो गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से विधान सभा क्षेत्रों में जाकर आम लोगों से सीधा सम्पर्क बनाने को कहा कार्यक्रम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित किया मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान की रद्द हुई परीक्षा का आज राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन किया जा रहा है गौरतलब है कि उन्नीस फरवरी को आयोजित सामाजिक विज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था इसके अलावा सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल अन्तर्गत तीन परीक्षा केन्द्रों पर अंग्रेजी विषय की प्रनर्परीक्षा का कल पहली पाली में आयोजन होगा प्रदेश के सभी जिलों में आज से सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव नामांकन अभियान शुरू हो गया है इसके तहत सभी कक्षाओं में एक करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है अभियान में पांच लाख से अधिक कर्मचारी और प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं मूजफ्फरपूर जिले के मीनापूर थाना क्षेत्र के धर्मपूर गांव के पास एक पूलिस वैन की चपेट में आने से छह लोग घायल हो गये घटना से आक्रोशित लोगों ने झपहा ओपी में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया पूर्णिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छियालीस किलोग्राम गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से छह सौ चौबीस बोतल विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है इधर मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख थीम है अखबारों ने गूलाबी पृष्ठों पर अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान बनाने वाली महिलाओं की कहानियों को सचित्र प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने आठ महिलाओं की कहानियों को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है शिखर पर नारी शक्ति अष्टभूजी दैनिक भास्कर ने अपने विशेष सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट को प्रमुखता देते हुये लिखा है समानता सम्मान सबसे ऊपर हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में आज एक लाख आठ हजार महिलाओं को लगेगा कोविड का टीका दैनिक जागरण मुख्यमंत्री नीतीश क्मार के बयान को सुर्खी बनाते हये लिखता है बिहार के विकास में महिलाओं का योगदान सबसे अहम आज और राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत करने को पहले पन्ने पर स्थान दिया है और अब अंत में मुख्य समाचार आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है

महिला दिवस पर प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाओं को कोविड से बचाव के टीके दिये जाने का लक्ष्य